पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में महानगरों से जल्द शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा

खजुराहों में आज से शुरू होगा पांचवां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव विधानसभा सत्र राज्य की पंद्रहवीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है

कल सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश किये जाने की संभावना है सत्र को लेकर पक्ष और विपक्ष ने रणनीति तैयार कर ली है मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में कांग्रेस की विधायक दल बैठक में विधायकों को विपक्ष के आरोपों के जवाब देने के बारे में बताया गया वहीं प्रदेश भाजपा कार्यालय में बुलाई गई बैठक में पार्टी ने किसान युवा महिला सुरक्षा माफिया सहित विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कमलनाथ और विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के साथ ही कई मंत्री मौजूद रहेंगे दस्तक अभियान दस्तक अभियान का दूसरा चरण झाबुआ जिले में आज से शुरू हो रहा है

वहीं खंडवा जिले में भी आज से दस्तक अभियान का दूसरा चरण शुरू हो रहा है

कॉर्न फेस्टिवल छिन्दवाड़ा में आयोजित राज्य स्तरीय कॉर्न फेस्टिवल में कल दूसरे और अन्तिम दिन प्रदेश के विभिन्न जिलों से आये मक्का उत्पादक किसानों की मक्का फसल विशेषज्ञ वैज्ञानिकों के साथ चर्चा हुई फेस्टिवल में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को मक्का से जुड़ी जानकारी दी परिचर्चा में मक्के की खेती और मक्का आधारित उद्योगों को स्थापित करने के लिये जरूरी संसाधनों और फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना पर भी चर्चा की गई सेना प्रमुख लेफ्टीनेंट जनरल मनोज मुकृंद नरवाणे भारतीय सेना के अगले सेना प्रमुख होंगे वर्तमान में वे उप थलसेनाध्यक्ष है इससे पहले वे सेना की ईस्टर्न कमांड के प्रमुख थे

उन्होंने बताया कि जल्द ही इंदौर भोपाल ग्वालियर और जबलपुर महानगर से प्रदेश के पर्यटन स्थलों के लिये पर्यटकों के लिये हेलीकाप्टर सुविधा शीघ्र शुरू की जाएगी

भाजपा ज्ञापन नागरिकता संशोधन कानून को प्रदेश में लागू किए जाने की मांग को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव विधानसभा में मुख्य सचेतक डॉ नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में समस्त विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलेगा पार्टी इस कानून को लागू करने की मांग को लेकर आज सभी जिलों में कलेक्ट्रेट का घेराव भी करेगी

पन्ना और अनूपप्र में भी पार्टी कार्यकर्ता इस कानून को प्रदेश में लागू करने को लेकर प्रदर्शन करेंगे साइबर अपराध जिला प्रशासन इंदौर ने आमजन को साइबर अपराध से बचाने के लिए जागरुकता अभियान के तहत कल से सायबर सुरक्षा सप्ताह का आयोजन शुरू किया गया है

इस आयोजन में इंदौर के विभिन्न विद्यालयों महाविद्यालयों और संस्थाओं में व्याख्यान एवं परिचर्चाएं आयोजित की जाएँगी इस दौरान विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जैसे क्विज चित्रकला कहानी लेखन आदि का भी आयोजन होगा फिल्म महोत्सव खजुराहो में आज से पांचवा अंतरर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हो रहा है मुख्यमंत्री कमलनाथ इस महोत्सव का शुभारंभ करेंगे

वहीं राज्यपाल लालजी टंडन समापन समारोह में शामिल होंगे पर्यटन निगम और संस्कृति विभाग के सहयोग से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अभिनेत्री महिमा चौधरी रवीना टंडन अभिनेता सनी देओल रणबीर कपूर गायक कैलाश खेर सहित कई फिल्मी हस्तियां शामिल होंगी

तानसेन समारोह संगीत सम्राट तानसेन की स्मृति में पांच दिवसीय राष्ट्रीय तानसेन समारोह ग्वालियर में आज से शुरू हो रहा है

संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित तानसेन सम्मान में पंडित रविशंकर की जन्म शताब्दी पर आधारित चित्र प्रदर्शनी प्रणति आयोजित की जाएगी हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह की पूर्व संध्या पर गमक का आयोजन किया गया जिसमें गजल गायक तलत अजीज ने अपनी प्रस्तुति दी

फिलहाल छह आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं जबकि एक आरोपी फरार है पुलिस ने आरोप पत्र में मानव तस्करी ब्लैकमेलिंग निजता का उल्लंघन जैसे कई अपराधों का उल्लेख किया है